केंदीय कषि मंत्री केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में देश को किसी भी संकट से बाहर निकालने की क्षमता है आज एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत और किसान समुदाय आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के साने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभायेंगे

उन्होंने कहा कि युवाओं को आजीविका के माध्यम के रूध में कृषि को अधनाने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है वन नेशन वन राशनकार्ड एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का विस्तार आज से उत्तराखंड समेत चार और राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में किया गया है

उ भोक्ता कार्यमंत्री राम विलास ासवान ने कहा कि लाभार्थी अब इन राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में उचित दर की किसी भी द्वकान से अ ने हिस्से का राशन ले सकेंगे

स्किल स्टडी रि ोर्ट म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश की विशेष भौगोलिक रिस्थिति के अन्सार राज्य के य्वाओं को विल्प्त हो रहे शरम् रिक कलाओं और कौशल के क्षेत्र में दक्ष बनाये जाने की जरूरत है म्ख्यमंत्री ने वेबिनार के माध्यम से ीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दाधिकारियों और विषय विशेषज्ञों से कौशल विकास से सम्बन्धित विषयों प्र चर्चा के दौरान यह बात कही उन्होंने कहा कि राज्य में जैविक कृषि काष्ठ कला ारम् रिक आभूषण योगा आयुर्वेद मधुमक्खी ालन बांस और रिंगाल के उत ाद के क्षेत्र में भी य्वाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिये प्रेरित किया जाए

उन्होंने इस रि ोर्ट को राज्य के युवाओं और उदयोगों के हित में बताया उन्होंने कहा कि इस से उद्योगों के अनुकूल दक्ष मानव संसाधन की उ लब्धता हासिल करने में मदद मिलेगी इस मौके र श्रम मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने कहा कि महामारी के इस दौर में उद्योगों के लिए श्रम कानूनों में भी सभी को साथ लेकर स्धार प्रक्रिया अ नाई गई है उन्होंने भी विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता विकास के आंकलन को प्रदेश के लिये उस्योगी बताया

उन्होंने कहा कि राज्य में कर्मचारियों की समस्याओं को दुर करने के प्रयास भी किये जाएंगे म्ख्य सचिव ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी से राज्य को बचाना और अर्थव्यवस्था को ेटरी ेर लाने की दिशा में सामूहिक सहयोग के साथ कार्य किया जायेगा इससे हले निवर्तमान मुख्य सचिव उत्सल क्मार सिंह को भावभीनी विदाई दी गई देहरादून स रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आना मुश्किल होगा बिना ास के प्रदेश में किसी की एंट्री नहीं होगी

अब स्मार्ट सिटी वेबसाइट में राज्य में आने के लिए अगर कोई जीकरण कर रहा है तो जानकारी डालते ही स्क्रीन र जीकरण फ्ल होने का मैसेज आ रहा है

यह संरक्षण केन्द्र भैरों घाटी के लंका नाम की जगह ेर बनाया जायेगा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत और वन विभाग के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की उन्होंने राज्य में हिम तेंद्ओं की गणना करने और हिम तेंद्रओं के सरंक्षण और इनकी संख्या में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि शिछले कुछ सालों में जिन क्षेत्रों में हिम तेंद्ए देखे गये हैं उन क्षेत्रों को स्थानीय लोगों और सैन्य बल के सहयोग से चिन्हित किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम तेंद्ए और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण से राज्य में विन्टर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तरकाशी और शिथौरागढ़ जिलों में हिम तेंदुए अधिक मात्रा में देखे गये हैं अभी तक इनकी गणना नहीं की गई है

इसमें रात में बाहर निकलने र लगी ाबंदी हटा दी गई है इस महीने की ांच तारीख से जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत भी दी गई है सोशल डिस्टेंशिंग और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का शालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे

कंटेनमेंट जोन में होने वाली गतिविधियों की राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी और महामारी को ध्यान में रखते हुए लगाई गयी शबंदियों कर कड़ाई से अमल किया जाएगा

मेट्रो रेल सिनेमा घर स्वीमिंग श्ल मनोरंजन श्लर्क और बार को खोलने की अन्मति नहीं होगी इसके अलावा ऐसे सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन अकादमिक सांस्कृतिक धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों र ाबंदी होगी जहां भीड़ जमा होती है राखी डाक हरिदवार कोरोना महामारी के कारण इस बार रक्षाबंधन ेर बहनें अधने भाइयों को राखी बांधने नहीं जा सकेंगी इसको देखते हए डाक विभाग ने डाक दवारा राखी हंचाने के लिए इस बार खास इंतजाम किए हैं डाक विभाग ने मानस्न के मौसम को देखते हृए वाटर प्रूफ लिफाफे बनाएं हैं ताकि बारिश में राखियां स्रक्षित रहें इस बार हरिदवार के मुख्य डाक घर सहित अन्य माध्यमों से बहनें भाइयों को राखियां भेज रही हैं इसके अलावा डाक विभाग के कर्मचारी छुट्टी के दिन में भी राखियों की डाक का वितरण कर रहे हैं

ईद उल अजहा ईद उल अजहा का त्यौहार आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है

राष्ट्र ति रामनाथ कोविंद उ राष्ट्र ति एम वेंकैया नायडु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश वासियों विशेष रू से मुस्लिम सम्दाय को ईद उल ज्हा की श्भकामनाएं दी अ ने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद उल अजहा त्याग बलिदान और ईश्वर के प्रति समर्थण का त्यौहार है उन्होंने समाज में भाईचारे और सौहार्द के प्रतीक इस त्यौहार को आ सी सद्भाव से और कोरोना के दृष्टिगत आवश्यक सावधानियां बरतते हुए मनाने की अपील की है ईद और रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए इस बार राज्य के चार जिलों देहरादून हरिद्वार उधमसिंह नगर और नैनीताल में सप्ताहांत लॉकडाउन नहीं किया गया

इस केन्द्रशासित प्रदेश में बिजली सरियोजनाओं के जरिए विकास की गति बढाने के लिए केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है बिजली वित्त निगम और ग्रामीण विदयुत निगम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के अंतर्गत चार हजार ांच सौ अस्सी करोड रू ये का निवेश किया है